राज्य में संचालित दीदी किचन भी इक्कतीस मई तक जारी रहेगी

राष्ट्रीय आपादा प्रबंधन प्राधिकार ने लागू देषव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर इक्कतीस मई कर दी है इस दौरान पहले से चल रही आर्थिक और अन्य गतिविधियों में आंषिक रूप से छूट दी जाती रहेगी इस संबंध में प्राधिकार ने आज अधिसूचना जारी कर दी है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपाए होने चाहिए हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाए भी जारी रहने चाहिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक वी के सारस्वत ने भी कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की है यह घोषणा मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश को संबोधित करते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत यानी बीस लाख करोड रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत की गई है

वित्त मंत्री ने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत सात क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केन्दित किया जाएगा

इससे राज्यों के लिए संसाधन राशि बढकर चार लाख अट्ठाईस हजार करोड रुपये हो जाएगी उन्होंने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्य आपदा राहत कोष से ग्यारह हजार करोड रुपये से अधिक की राशि अग्रिम रूप से जारी की गई है

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने पूर्णबंदी के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है वित्त राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री के संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गो को राहत पहुंचाने के उपाय किए हैं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अस्सी करोड लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीस लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद लोगों को राहत देने के कई उपायों की लगातार घोषणा की जा रही है इसकी जामताड़ा जिले के लोगों ने सराहना की है

उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में सात हजार से अधिक संचालित दीदी किचन ने अब तक जरूरतमंदों को दो करोड़ से अधिक पौष्टिक भोजन की थालियाँ परोस कर भूख से हमारी जंग को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से आदिम जनजाति विरहोर और जनजातीय बहुल इलाकों में सुखा अनाज का वितरण किया जा रहा है जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि गिरिडीह में चार लाख राशनकार्ड धारियों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है जिन व्यक्तियों के पास राशनकार्ड नहीं बना है उनके लिए भी राशन की व्यवस्था की गई है उन्होंने बताया कि जिले के सभी पंचायतों को पचास पचास हजार रुपये दिए गए हैं जनवितरण प्रणाली के डीलरों को इस महामारी के समय राषन वितरण कार्य में गड़बड़ी नहीं करने की चेतावनी दी गई है जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि गड़बड़ी करनेवाले बीस राषन डीलरों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है वहीं एक डीलर के विरूद्व मुकदमा दायर किया गया है जबकि छियासी डीलरों के विरुद्व जाँच की जा रही है कोरोना वायरस के कारण लागू देशव्यापी लॉक डाउन के बीच आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने अपनी कोर कमेटी के सहयोगियों के साथ ग्रामीणों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के औरैया घटना में दिवंगत हुए राज्य के सभी ग्यारह प्रवासी मजदूर साथियों के परिवारों को चार चार लाख रुपये की सहायता राषि दी जाएगी साथ ही घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को पचास हजार रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा है कि घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था भी जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उत्तर प्रदेश के ओरैया में सड़क हादसे में मृत श्रमिकों के पार्थिव शरीर को एक ट्रक के जरिये झारखण्ड भेजे जाने को अमानवीय एवं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कहा है मुख्यमंत्री ने उपायुक्त बोकारो और झारखण्ड पुलिस को निदेश दिया है कि झारखण्ड की सीमा में प्रवेश करते ही ट्रक से आ रहे घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करें साथ ही मृतकों के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके घर तक पहुँचाने का प्रबंध कर सूचित करने का भी निर्देष दिया है मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि झारखण्ड के घायल तथा मृत प्रवासी श्रमिकों के लिए झारखण्ड की सीमा तक परिवहन की बेहतर व्यवस्था की जाये झारखण्ड की सीमा पर राज्य सरकार उनके लिए गरिमापूर्ण व्यवस्था करेगी मुख्यमंत्री को सोषल साइट के माध्यम से तस्वीरों और वीडियो से यह बताया गया था कि ओरैया हादसा में मरने वाले झारखंड के प्रवासियों के शवों को एक ट्रक पर बोकारो के चास स्थित उनके घर भेजा जा रहा है वहीं घायल लोगों का कहना था कि बर्फ की सिल्लियां पिघलने के बाद शव की स्थिति बिगड़ती जा रही है ये जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया झारखण्ड और बंगाल के सीमावर्ती जिलों में विभिन्न राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों का आवागमन लगातार जारी है पुलिस प्रषासन की ओर से जिले की सीमाओं पर अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों को रोककर उनके बारे में विस्तार से जानकारी ली जा रही है इसी क्रम में खूंटी क्षेत्र के श्रमिकों की भी झारखण्ड और बंगाल से सटे तुलिन वॉर्डर पर प्रतिदन स्वास्थ्य जांच की जा रही है पष्विम बंगाल का पुरुलिया जिला अब तक ग्रीन जोन में है इसलिए बॉर्डर पर प्रत्येक मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की जाती है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

उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने बताया कि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है मरीज को सिस्टम क्वारेंटीन सेंटर में रखा गया है उन्होंने बताया कि मरीज कलकत्ता से लौटा था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि अमान्य और निष्क्रिय हो चुके फास्टैग के साथ टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों से दोगुना टोल शुल्क वसूला जाएगा मंत्रालय के अनुसार ऐसे फास्टैग वाले वाहन यदि टोल प्लाजा के फास्टैग लेन में प्रवेश करते हैं तो उन्हें इस श्रेणी के वाहनों से वसूले जाने वाले सामान्य टोल शुल्क का दोगुना पैसा देना होगा सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसजोर के बेन्द्रचुआँ जंगल में आज सुबह पुलिस और पी एल एफ आई नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया जबकि दो महिलाओं सहित पांच नक्सली पकड़े गए हैं इनमें से एक घायल नक्सली की पहचान बानो थाना क्षेत्र के प्रवीण कंडुलना के रूप में की गई है हजारीबाग जिले में पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी वसूलने वाले तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तीनों के पास से रंगदारी मांगे जाने वाले मोबाइल और सीम को भी बरामद किये गये हैं पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि तीनों अपराधी पिछले कई महीनों से सक्रिय थे उधर चतरा के कोयलांचल में सक्रिय कोल माफियाओं के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया थाना पुलिस ने तिबाब गांव से दो ट्रकों के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के बनहरदी दूधमटिया टोला निवासी युवती हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है पुलिस ने हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि इस हत्याकांड को उसके प्रेमी ने ही अपने दोस्तों के साथ मिल कर अंजाम दिया था और हत्या करने के पूर्व सभी ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया था